प्रदेश में चुनाव की सभी तैयारियां पूरी निष्पक्ष और सुगम मतदान के लिए किए गए है व्यापक इन्तजाम मतदाताओं में जागरूकता के लिए आज जयपुर में आयोजित हो रहा है राज्य स्तरीय स्वीप कार्यक्रम

सभी पार्टियों के कई वरिष्ठ नेता आज भी राज्य के चुनावी दौरे पर है केन्द्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह का अलवर जोधपुर और पाली में जनसभा को सम्बोधित करने का कार्यक्रम है वहीं केन्द्रीय मंत्री उमा भारती धौलपुर और भरतपुर में तथा स्मृति ईरानी उदयपुर और राजसमंद में प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील कर रहे है मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आज झालावाड़ और भरतपुर में जनसभाओं का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जमवारामगढ़ सहित कई स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रही है

सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से प्रदेश के चुनावी दौरे पर है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट भी कई जनसभाओं को सम्बोधित कर रहे है केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र में सतारूढ रहते हुए पिछले चार सालों में विकास के कई काम किए है जबकि इससे पहले कांग्रेस की यूपीए सरकार ने विकास के नाम पर धोखा किया है

इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा मुद्दा आधारित राजनीति नहीं कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर विकास का काम रूका हुआ है

आज उन्होंने नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला श्री अरोडा ने ओपी रावत का स्थान लिया है पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी पहली प्राथमिकता है

इससे पहले वे राजस्थान और केन्द्र में विभिन्न पदों पर रह चुके है

निर्वाचन विभाग ने निष्पक्ष शांतिपूर्ण और सुगम मतदान के लिए व्यापक इन्तजाम किए है

इससे पहले श्री कुमार ने कल जयपुर में राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से चुनाव से पूर्व की गई तैयारियों पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए चर्चा की विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिकाधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा आज जयपुर में राज्य स्तरीय स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसके तहत लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता म्हारो संतरगी लोकतंत्र का आयोजन हो रहा है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने बताया कि आज शाम को जयप्र र्क रामनिवास बाग में सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी

प्रधानमंत्री ने दुनियाभर के नेताओँ को भारत आने का न्यौता दिया

श्री मोदी ने कहा कि इटली और अन्य देशों ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया उन्होंने इसके लिए आभार प्रकट किया

पुलिस ने बताया कि ग्वालियर से अजमेर जा रही कार सड़क पर खड़े ट्रक में घुस गई और यह हादसा हआ

इधर सीकर सालासर मार्ग पर नेछवा के पास कार और ट्रक की टक्कर में कार में सवार पिता पुत्री की मौत हो गई ये लोग सालासर बालाजी के दर्शन के लिए आए थे

साथे ही अदालत ने आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने को कहा है जिन्होंने चयन प्रक्रिया के दौरान फीस के अलावा अन्य छूट का लाभ नहीं लिया था